मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा प्रदेश सरकार पैट्रोल और डीज़ल पर रियायत देने पर करेगी विचार जनजातीय ज़िला किन्नौर के युवाओं के लिए मददगार बनी मुद्रा योजना

पोषण माह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार पोषाहार और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखरेख के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है आज सवेरे पोषण माह के अंतर्गत देशभर की आशा ए एन एम और आंगनवाड़ी सेविकाओं से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि सरकार आशा ए एन एम और आंगनवाड़ी सेविकाओं के कल्याण के लिए कई उपाय कर रही है

आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मासिक मानदेय भी डेढ़ हजार रुपए से बढ़ाकर दो हजार दो सौ रुपए कर दिया गया है आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि दोगुनी करने की जानकारी देते हुए श्री मोदी ने कहा आपकी खुशी मैं देख रहा हूं इतना ही नहीं सभी आशा कार्यकर्ताओं और उनकी सहायिकाओं हेल्पर को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुफ्त में बीमा सुरक्षा दी जाएगी यानि दोनों मिलाकर के चार लाख रूपए का आपका बीमा यानि दो दो लाख के तहत आपको आपके परिवार के लिए सुनिश्चित की गई है टीकाकरण के प्रयासों में तेजी आने और इससे खास तौर पर महिलाओं और बच्चों को मदद मिलने के बारे में श्री मोदी ने बताया मिशन इंद्रधन्ष के तहत देश के टीकाकरण अभियान को दूर दराज और पिछड़े इलाकों में हमारे जो नन्हें मुन्ने बच्चे हैं उन तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है

प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से आशा ए एन एम और आंगनवाड़ी सेविकाओं ने देखा और मानदेय में की गई वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी जताया

उन्होंने ये भी कहा कि इन कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाए जाने से भी इन्हें व्यापक फायदा होगा इन नेताओं ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री आगे भी समाज के हर वर्ग की आवाज़ इसी तरह सुनेंगे और उनके कल्याण के लिए कदम उठाएंगे मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार राज्य में पैदोल और डीज़ल पर रियायत देने पर विचार करेगी ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही मुख्यमंत्री ने कहा कि पैटोल और डीज़ल की कीमतों में बढ़ौतरी को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी तरह गंभीर है तथा जल्द ही इस दिशा मे ठोस कदम उठाए जाएगे निजि बस ऑपरेटरों की हड़ताल के मुददे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर मंत्रिमंडल की बैठक में विचार करेगी इससे पूर्व जयराम ठाकूर ने मंडी में खुलने जा रहे कलस्टर विश्वविद्यालय के भवन की आधारशिला रखी और कहा कि अगले सत्र से ये विश्वविद्यालय विधिवत रूप से आरम्म हो जाएगा सांसद राम स्वरूप शर्मा ने इस मौके पर कहा कि मंडी में क्लस्टर विश्वविद्यालय खूलने से युवाओं का भविष्य और बेहतर होगा शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज उर्जा मंत्री अनिल शर्मा और अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद थे मुख्यमंत्री दो दिन के मंडी दौरे पर है

किन्नौर जिले के युवाओं ने इस योजना के माध्यम से ऋण लेकर अपना सफल व्यवसाय शुरू किया है

अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण मनीषा नंदा और मुख्य अभियंता पीएमजीएसवाई अबरोल ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से ये पुरस्कार प्राप्त किए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश को इस योजना के तहत दो हज़ार चार सौ किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य तय किया गया है इस बीच ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदेश को पांच श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में संपूर्ण प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना में दूसरा और आधार से जोड़ने व रूपांतरण में तीसरा पूरस्कार प्राप्त हआ है कुल्लू जिला की तांदी ग्राम पंचायत को मनरेगा में बेहतर कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत और नाहन विकास खंड की आईजीएस परि संपत्ति पर्यवेक्षक अतिका अग्रवाल को तीसरा प्ररस्कार प्रदान किया गया है किशन कपूर राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में आज से पीजी के नए पाठयकम भूगोल और रसायन शास्त्र व एमकॉम की कक्षाएं आरंभ हो गई इस मौके पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता करते हुए खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने कहा कि किसी भी राष्ट्र के उत्थान में शिक्षा की अहम भूमिका है उन्होंने कहा कि शिक्षा की ज़रूरत को समझते हुए प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में ढांचागत विकास पर बल दे रही है विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने लोगों से स्वामी विवेकानंद के विश्व बंधुत्व के संदेश के प्रसार के लिए भिलकर काम करने का आहवान किया है परमार आज टांडा में विश्व बंधुत्व दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे

मारकंडा आज जिले की तिंदी पंचायत के अंतिम गांव भूजुंड को सड़क सुविधा से जोड़ने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे